प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श करेंगे देश के टीकानियामक औषध महानियंत्रक ने हाल ही में भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके के आपतकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है

केन बेतवा लिंक केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केन बेतवा परियोजना से जुड़े मसले का शीघ्र समाधान किया जायेगा इसके लिए मध्यप्रदेश के साथ ही उत्तरप्रदेश के हितो की रक्षा की जायेगी श्री शेखावत ने कल भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के साथ बैठक कर इस मसले पर अंतिम फैसला लिया जायेगा इस अवसर पर श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश को पहले की तरह सात सौ एमसीएम पानी देने को तैयार है अध्यादेश प्रदेश में धर्म स्वातंत्रय अध्यादेश लागू हो गया है राज्यपाल द्वारा इस अध्यादेश पर दो दिन पहले हस्ताक्षर के बाद गृहविभाग ने कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नये अध्यादेश के तहत प्रलोभन देकर बहलाकर या धर्मान्तरण करवाकर विवाह करने या करवाने वालों को दस साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है

जिसमें प्रत्येक राज्य के युवा प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरन रिजिजु ने बताया कि प्रधानमंत्री मंगलवार को इस महोत्सव का उदघाटन करेंगे और संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित होने युवा संसद कार्यक्रम के साथ इसका समापन होगा

उनकी इस पहल को जिला प्रशासन ने भी पहचाना और उन्हे महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना के तहत रोजगार दिलाने में मदद की श्री संदीप की लगन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का सबब बन सकती है मौसम पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव आया प्रदेश के कुछ हिस्सों में हयी मावठ की बारिश से रबी सीजन में गेहूं और चने की फसल को फायदा बताया जा रहा है इधर सतना और जबलपुर जिले में भी आज आसमान में बादल छाए हुए हैं और ठंड का प्रभाव भी बढ़ रहा है मौसम विभाग ने जबलपुर संभाग में कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका दर्ज कराई है इधर पचमढ़ी में ठंड का असर कम हुआ है मौसम केन्द्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज भी मौसम इसी तरह मौसम बना रहेगा और दोपहर बाद बादल छंटने की उम्मीद है

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है